उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं प्रधानमंत्री आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्ष्यों के दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रशिक्ष्यों को अपनी वर्दी पर गर्व होना चाहिए कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान पुलिस के अच्छे काम लोगों के बीच याद किए जायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को ड्यटी के दौरान तनाव घटाने के लिए अपने शिक्षकों और प्रियजनों से बात करनी चाहिए आईपीएस प्रशिक्षओं ने दो साल को प्रशिक्षण पुरा किया है इनमें अट्ठाईस महिला सहित एक सौ इकतीस प्रशिक्ष शामिल हैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक के अनुसार सबसे अधिक पन्द्रह प्रशिक्ष्ओं को उत्तरप्रदेश काडर आवंटित किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये डोर टू डोर सर्वे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल जांच के कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किये जाए मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के समुचित उपचार और जीवन रक्षा के लिये उन्हें शीघ्रता से अस्पताल पहचाना आवश्यक है इसके लिये प्रभावी सर्विलांस की भूमिका पर जोर देते हये उन्होंने इस कार्य को तत्परतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिये श्री योगी ने कहा कि लखनऊ कानपुर नगर वाराणसी प्रयागराज और गोरखपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये विशेष प्रयास किये जायें मुख्यमंत्री ने आईसीय बेड की संख्या में वृद्धि के लिये विशेष प्रयास किये जाने पर भी बल दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों में कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये समी जरूरी कदम उठाये जायें जेलकर्मियों की भी नियमित जांच की जाय कैदियों को जेल भेजने से पहिले अस्थायी जेल में रखा जाय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि गांधी के अर्थ दर्शन के अनुसार हमे चुनौतियों को अवसर के रूप में विकसित करना होगा स्वच्छता स्वदेशी और स्वावलंबन गांधी जी द्वारा बताये गये ऐसे मंत्र हैं जो कोविड नाइन्टीन जैसी महामारी और उससे उत्पन्न परिस्थितियों के समाघान में सहायक हो सकते हैं राज्यपाल आज राजभवन से सुचना एवं प्रसारण नंत्रालय भारत सरकार के पीआईवी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक सौ पचासवीं जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित वेबिनार को सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि गांधी जी भारत के लिये वरदान थे और आज वह विश्व चिंतन का विषय हैं वर्तमान समय में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व से बहत कृछ सीखा जा सकता है भारत ने विश्व की सरकारों से वहां फंसे विदेशी विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने और उनके स्वदेश लौटने के सुरक्षा उपाय करने की अपील की है

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से अब तक लगभग तेरह लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि वंदे भारत मिशन का छठा चरण पहली सितंबर से शुरू हो गया है इस चरण में चौबीस देशों से एक हजार सात अंतर्राष्ट्रीय उडानों के माध्यम से इस महीने दो लाख से अधिक लोगों को स्वदेश लाया जाएगा देश में अब तक कोविड नाइन्टीन संक्रमण से तीस लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या छाछठ हजार छः सौ उन्सठ है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और यह दर सतहत्तर दशमलव एक पांच प्रतिशत हो गई है मंत्रालय ने कहा कि दो महीनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या चार ग्णा से अधिक हो गई है सरकार द्वारा जांच पहचान और उपचार की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढी है और मृत्यू दर घटी है इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव सात चार है पिछले चौबीस घंटों में तिरासी हजार तीन सौ इकतालिस नये मामले सामने आये हैं इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या आठ लाख इकतीस हजार एक सौ चौबीस है पिछले चौबीस घटों में हुई एक हजार छानबे मौतों के साथ अब तक इस संक्रमण से अड़सठ हजार चार सौ बहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड नाइन्टीन संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता मानकों का पालन करने की सलाह दी